वायु सेना के पायलट विंग कमाण्डर अभिनंदन वर्धमान अब से थोड़ी देर बाद भारत लौट आएंगे सरकारी सूत्रों के अनुसार उनके पाकिस्तान से अटारी वाघा सीमा पर उनके जल्द ही पहुंचने की संभावना है भारतीय वायु सेना सीमा सुरक्षा बल और प्रशासनिक अधिकारी सीमा पर उनकी अगवानी के लिए तैयार है उनका स्वागत करने के लिए अटारी वाघा सीमा पर भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं विंग कमांडर अभिनंदन बुधवार को पाकिस्तानी वायु सेना के फाइटर प्लेन का पीछा करते हुए पाकिस्तानी सीमा में चले गये थे जहां उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था इसके बाद उन्हें पाकिस्तानी सेना द्वारा हिरासत में ले लिया गया था भारत के कूटनीतिक प्रयासों से विंग कमांडर अभिनंदन को तीसरे दिन ही पाकिस्तान रिहा कर रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वायु सेना के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान के साहस और शौर्य की सराहना की है आज तमिलनाडु के कन्याकुमारी में एक समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पूरे देश को तमिलनाडु के इस सपूत पर गर्व है प्रधानमंत्री ने कहा कि सशस्त्र सेनाओं को आतंकवाद से निपटने के लिए पूरी तरह खुली छूट दी गयी है जो पहले की सरकारों के कार्यकाल में प्राप्त नहीं थी

श्रीमती स्वराज अबुधाबी में इस्लामी देशों के सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहीं थीं उन्होंने कहा कि आतंकवाद और उग्रवाद अलग अलग नाम हैं लेकिन इनका मुख्य मकसद धार्मिक आस्थाओं और विश्वास को विकृत कर विनाश की ओर ले जाना है

श्रीमती स्वराज ने कहा कि आतंकवाद और कह्टरवाद के अलग अलग नाम रहे हैं और धर्म के नाम पर इनका इस्तेमाल किया जाता रहा है विदेश मंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई किसी धर्म के विरूद्ध नहीं है और ये हो भी नहीं सकती

आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि सीमा पार आतंकवाद का समर्थन करने वाले हवाई हमलों के बाद जान गए हैं कि भारतीय पक्ष से जवाब आएगा

दो शब्द बोलने के लिए नहीं हैं आपके पास

पूरी दुनिया में पाकिस्तान अलग थलग पड़ा है मैं मानता हूं भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय है और कम से कम समय में हमारे अभिनंदन को वापस ला निकाला अगर ऐसी स्थिति हम पैदा कर सकते हैं तो मैं मानता हूं कि ये हमारी डिप्लोमैसी की विजय है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तीन मार्च को पटना के गांधी मैदान में एनडीए की संकल्प रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री के रूप में श्री मोदी की बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर यह पहली चुनावी रैली होगी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं रैली को सफल बनाने के लिए एनडीए के तीनों घटक दल भाजपा जदयू और लोजपा पूरे प्रदेश में जोर शोर से जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं इसी क्रम में आज भाजपा और जदयू ने राज्य के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में मोटरसाईकिल रैली निकाली पटना में इस अभियान का नेतृत्व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने किया रेल द्र्घटना में मरने वालों की संख्या में पिछले पांच वर्षो में इक्यासी प्रतिशत तक की कमी आई है रेल मंत्रालय ने कहा है कि वह इस संख्या को शून्य तक लाने के लिए प्रतिबद्ध है रेल मंत्री पीयूष गोयल ने पिछले पांच वर्षो की रेलवे की उपलब्धियों के बारे में आज नई दिल्ली में एक प्रस्तिका का लोकार्पण करते हुए कहा कि सभी बड़ी लाइनों पर बिना कर्मचारी वाले फाटक हटा दिये गये हैं उन्होंने बताया कि बड़ी लाइन के सभी मार्गों के शत प्रतिशत विद्युतीकरण का काम जारी है रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आज वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से आरा रांची साप्ताहिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इस अवसर पर स्थानीय सांसद आर के सिंह भी मौजूद रहे इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना से गाजियाबाद के लिये हाईटेक बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया पटना से गाजियाबाद के लिये चार बसों का परिचालन किया जायेगा इसके अलावा नालंदा किशनगंज और बक्सर से भी एक एक बस चलेगी निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने आज सारण जिले के मसरख प्रखंड के मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी मोहम्मद एजाज अहमद को एक लाख रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है गिरफ्तार अधिकारी विकास कार्यों में मजदूरों द्वारा किये गये काम का भुगतान करने और अन्य योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति देने के एवज में घूस ले रहा था पटना हाईकोर्ट ने दारोगा और वार्डेन नियुक्ति प्रक्रिया में गर्भवती अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षा में छूट देने से इंकार कर दिया है मुख्य न्यायाधीश ए पी शाही की खंडपीठ ने यह आदेश सुनाया केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा है कि केन्द्र सरकार की डेढ़ सौ से अधिक जन कल्याणकारी योजनाओं से आम लोगों के जीवनस्तर में व्यापक सुधार हुआ है श्री यादव आज पटना के फुलवारीशरीफ उच्च विद्यालय में लोक संचार और संपर्क ब्यूरो बीओसी द्वारा केन्द्र सरकार की उपलब्धियों पर आधारित तीन दिवसीय चित्र प्रदर्शनी और परिचर्चा के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का लाभ देश के अंतिम पायदान के लोगों तक पहुंच रहा है समारोह को संबोधित करते हुए बीओसी पटना के निदेशक विजय कुमार ने कहा कि इस प्रदर्शनी का उद्देश्य लोगों को केन्द्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रदेश के हर अनुमंडल में डिग्री कॉलेजों की स्थापना की जायेगी श्री कुमार आज नालंदा जिले के बड़गांव में नालंदा खुला विश्वविद्यालय के भवन के शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि हर ब्लॉक में नालंदा खुला विश्वविद्यालय का अध्ययन केन्द्र खोला जायेगा

केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बक्सर स्टेशन पर दो स्वचालित सीढ़ियां और कई अन्य यात्री सुविधाओं का उद्घाटन किया स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाडेय और पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार ने सिवान में आयोजित समारोह में ढ़ाई सौ करोड़ रुपये लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह ने आज चित्रगुप्त सभागार सह लोक नायक जयप्रकाश नारायण सांस्कृतिक भवन का शिलान्यास किया इस अवसर पर आयोजित समारोह में उन्होंने कहा कि इस भवन के बन जाने से शहर में जन सुविधाओं की वृद्धि होगी साथ ही सांस्कृतिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा भभ्ञआ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक रामलाल सिंह का आज पटना में इलाज के दौरान निधन हो गया वे अस्सी वर्ष के थे राम लाल सिंह सिंह भभुआ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से दो बार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर निर्वाचित हुए थे सारण जिले के दाउदपूर थाना क्षेत्र के लजुआर गांव स्थित एक घर में रसोई गैस सिलेंडर में हुए रिसाव के बाद आग लग जाने से एक ही परिवार के तीन लोगों की झुलसकर मौत हो गयी मुंगेर जिले के लड़ैयाटाड़ थाना क्षेत्र के सवैयाचक गांव में आक्रोशित लोगों ने दो बूढ़ी महिलाओं की पीट पीटकर मार डाला पुलिस मामले की छानबीन कर रही है कैमूर जिले के भभुआ नगर थाना क्षेत्र के चमनलाल तालाब के पास से पुलिस ने एक सौ बीस बोतल शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है शेखपुरा में खेले जा रहे श्यामा देवी महिला फुटबॉल प्रतियोगिता के पहले मैच में मुंगेर की टीम ने बेगूसराय को पराजित कर दिया